और पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान में हुयी वृद्धि

दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मधेपुरा के विधायक चंद्रशेखर को अवैध कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया है वे दिल्ली से पटना आ रहे थे पुलिस के मुताबिक उनके हैंड बैगेज में सुरक्षा जांच के दौरान दस कारतूस पाये गये थे उनके पास कारतूस संबंधी कोई दस्तावेज नहीं था विधायक के खिलाफ इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट थाना पुलिस आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया पुलिस मामले की जांच कर रही है पंचायती राज व्यवस्था के तहत विभिन्न श्रेणी के रिक्त एक हजार नौ सौ अड़तीस पदों के लिये दस मार्च को उप चुनाव होगा राज्य चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य के छह सौ तिरपन पंच के एक हजार एक सौ सतावन पंचायत समिति के इकसठ मुखिया के अठारह सरपंच के छियालीस और जिला परिषद सदस्य के तीन पद खाली हैं पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने कहा कि मॉक पोल के लिये मतदान के एक घंटा पहले तैयारी कर लेनी होगी उन्होंने विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के बीच आपसी तालमेल और सहयोग बनाये रखने पर बल दिया पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित राज्य की सात सड़कों के पुनर्निर्माण पर छह हजार छह सौ करोड़ रूपये खर्च होंगे उन्होंने पटना में कहा कि तीन सौ पचास किलोमीटर लंबी इन सड़कों के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण से दस जिलों को लाभ मिलेगा श्री यादव ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पथ निर्माण विभाग की सात सड़कों को नेशनल हाईवे के रूप में अधिसूचित कर दिया है राज्य में अब किसी भी जल स्त्रोत में डूबने से होने वाली मौत पर अनुग्रह अनुदान सरकार देगी आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के आपदा प्रबंधन के प्रावधान में संशोधन कर दिया है अब किसी गड्डे में डूबने से भी मौत होने पर मृतक के परिजनों को चार लाख रूपये का अनुदान मिलेगा आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया राज्य सरकार ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए पर धांधली के आरोपों के मद्देनजर एसोसिएशन से पटना स्थित मोइनुलहक स्टेडियम वापस ले लिया है कला संस्कृति और युवा विभाग ने खिलाड़ियों के चयन में धांधली के आरोप के बाद यह निर्णय लिया है साथ ही विभाग ने बीसीसीआई से भी बीसीए पर लगे आरोपों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया है विभाग के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने राज्य खेल प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि बीसीए को दैनिक भाड़े के आधार पर स्टेडियम के खेल मैदान का आरक्षण तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाय उन्होंने प्राधिकरण को स्टेडियम का संचालन और आरक्षण के लिये कार्य योजना बनाने को भी कहा है राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया है भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी नवीन कुमार को इसका अध्यक्ष मनोनित किया गया है जबकि नवीन चंद्र झा और प्रभात प्रसाद घोष को सदस्य मनोनित किया गया है वित्त विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और अनुशंसा राज्य सरकार को देगा राजधानी पटना समेत राज्यभर में तापमान में वृद्धि हो रही है कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान तीस डिग्री सेल्सियस पहुंच गया जबकि न्यूनतम तापमान चौदह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रहा आज पटना का तापमान इकतीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि छब्बीस फरवरी तक तापमान में और वृद्धि होगी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर सत्ताईस फरवरी तक बिहार में पड़ सकता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा के पहले दिन ग्यारह परीक्षार्थी निष्कासित किये गये इसके साथ ही चार फर्जी परीक्षार्थी भी पकड़े गये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिये व्यापक इंतजाम किये गये हैं उधर सीबीएसई बोर्ड की दसवीं की परीक्षा भी कल से शुरू हो गयी है दानापूर रेलमंडल प्रशासन ने पटना आरा के बीच ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम विकसित करने की योजना बनायी है इस योजना को रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिलने के साथ ही इसके लिये सत्तर करोड़ रूपये की राशि भी आवंटित कर दी गयी है प्रशासन ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है उधर मध्य पूर्व रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि फतुहा इस्लामपुर और दनियावां इस्लामपुर रेलखंड के विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है इन दोनों रेलखण्डों पर मेमू पैसेंजर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है पटना जिले के दनियावां थाना क्षेत्र में ट्रक और ऑटो की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गयी जबकि आठ यात्री गंभीर रूप से घायल हैं ऑटो पर बारह यात्री सवार थे इसके अलावा पूर्णिया मुजफ्फरपुर गोपालगंज वैशाली नवादा और सारण जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दस लोगों की मौत होगयी और आठ अन्य घायल हो गये मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले से पुलिस ने सात सौ कार्टन विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र के चंद्रहटी गांव के निकट राष्ट्रीय उच्चपथ संख्या सतहत्तर पर पुलिस ने कंटेनर पर लदी चार सौ कार्टन विदेशी शराब जब्त की है वहीं वैशाली जिले के गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया गांव के निकट से पुलिस ने ट्रक पर लदी तीन सौ कार्टन विदेशी शराब बरामद की है बिहार प्रशासनिक सेवा के ग्यारह पदाधिकारियों का दबादला कर दिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिये अधिसूचना जारी कर दी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने पुलवामा हमले को लेकर विभिन्न पार्टियों के बीच जारी बयानबाजी से ज़ुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है श्रद्धाजंलि के बाद सियासत का दौर इसी खबर के साथ अखबार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उस बयान को प्रमुखता दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने हिस्से के पानी पाकिस्तान को नहीं दैनिक जागरण ने नितिन गडकरी के बयान को ही अपनी प्रमुख सूर्खी बनाया है और कई अन्य आंकड़ों के साथ प्रकाशित करते हुये लिखा है पानी को तरसेगा पाकिस्तान इसी अखबार की एक अन्य खबर है अब अर्द्वसैनिक बल भी विमान से कश्मीर आयेंगे जायेंगे दैनिक भास्कर ने पटना में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और इग्नू के नये भवन के उद्घाटन के मौके पर नीतीश कुमार के उस बयान को अपनी सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञान विश्वविद्यालय में खुलेगा एस्ट्रॉनॉमी और फिलॉसफी सेंटर प्रभात खबर ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है आतंक रोकने को धारा तीन सौ सत्तर हटाना जरूरी नहीं राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है जनरल रावत ने तेजस से भरी उड़ान इसके अलावा विश्वविद्यालयों में नन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति एसएससी से बिहार में ट्रेंड कुत्ते पकड़ेंगे शराब दनियावां में ऑटो ट्रक की टक्कर में चार लोगों की मौत एक जख्मी मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन ग्यारह परीक्षार्थी निष्कासित और मोइनुलहक स्टेडियम से बीसीए बेदखल आदि खबरों को प्रमुखता मिली है

और पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान में हुयी वृद्धि